मुख्यमंत्री आज अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के शिमला मंडलीय क्षेत्र को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आरंभ किया गया जनमंच कार्यक्रम सफलता पूर्वक लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आधुनिक तकनीक अपना कर लोगों के समय और पैसे की बचत होगी मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज आकाशवाणी शिमला के माध्यम से प्रदेश के किसानों के साथ सीधा संवाद किया इस दौरान मारकंडा ने किसानों के अनेक मुद्दों पर सीधा संवाद किया और उनकी कई शंकाओं का समाधान किया

मारकंडा ने प्रदेश के किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्राकृतिक खेती राज्य बनाने के लिए हर किसान को आगे आना चाहिए तथा रसायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग धीरे धीरे कम करने के बाद पूरी तरह बंद करना चाहिए नाबार्ड विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाबार्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पुल सिंचाई और पेयजल योजनाओं के निर्माण में सहयोग कर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उन्होंने प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण और किसान उत्पादक संगठनों के संवर्द्वन में भी नाबार्ड की भूमिका की सराहना की

उन्होंने इस मौके पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तक हिमाचल में नाबार्ड का विमोचन भी किया नाबार्ड को क्षेत्रीय कार्यालय को मुख्य महाप्रबंधक नीलय डी कपूर ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिए किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण और शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर बल दिया इस मौके पर नाबार्ड द्वारा प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई उपमन्यु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शिव कुमार उपमन्यु का कल कांगड़ा के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह चम्बा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे और यहां से विधायक चुन कर मंत्री बने थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शिव कुमार उपमन्यु के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और उपाध्यक्ष हंसराज ने भी उपमन्यु के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है एनएच किन्नौर जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच चट्टाने खिसकने के कारण पांगी नाला के पास आज दूसरे दिन भी बंद रहा इस कारण पूह उपमंडल का दूसरे दिन भी जिला मुख्यालय से संपर्क कटा रहा उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा कि ये मार्ग सड़क चौड़ा करने के कारण चट्टाने गिरने से बंद हुआ है और अभी भी कुछ चट्टाने खतरनाक बनी हुई है जिन्हें हटाने का काम चल रहा है उन्होंने कहा कि सड़क के सुरक्षित होते ही इसे फिर से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कवर ने कांग्रेस को निवेश पर नकारात्मक सोच छोड़ने की सलाह दी है वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के बंगाणा में कहा कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की विपक्ष को सराहना करनी चाहिए लेकिन विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर नकारात्मक सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना व्यानबाजी कर रहे हैं कवर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री से उद्योग मंत्री रहते निवेश के लिए हुए रोड शो पर किए गए खर्च और इससे आए निवेश का ब्यौरा सार्वजनिक करने को भी कहा